इस मौके पर यात्रियों का रेडकार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया

उन्होंने सभी यात्रियों और एयर बस के फ्लाइंग स्टाफ को मालवी पगड़ी पहनाई इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए इस मौके पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे यह भी संयोग है कि इस एयर बस के पायलट सुनीश भार्गव है जो कि इंदौर में ही जन्मे हैं यह फ्लाईट हर सोमवार बुधवार और शनिवार को इंदौर से दुबई के लिये उपलब्ध होगी जबकि दुबई से हर मंगलवार शुक्रवार और रविवार को इंदौर आयेगी इस हवाई सुविधा के कारण मात्र चार घंटे में ही इंदौर से दुबई का सफर पूरा हो सकेगा इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस उड़ान के सफलता पूर्वक शुरू होने से जल्दी ही अन्य देशों के लिये भी उड़ानें शुरू होगी वहीं इंदौर एयरपोर्ट की प्रभारी आर्यमा सान्याल ने कहा कि इससे इंदौर और दुबई के व्यापारियों के रिश्ते मजबूत होंगे वन इंडिया प्रोग्राम केन्द्र सरकार के वन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश के सभी जिलों की विभागीय योजनाओं और अधिकारियों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक से मिल सकेगी केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी की पहल पर पूरे देश को एक थीम पर तैयार होने वाली नई वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है इससे देश के अलावा विदेशी लोग भी भारत के अलग अलग जिलों की संस्कृति पर्यटन स्थल प्रसिद्द व्यंजन शासन की विभिन्न योजनाओं मौजूदा अधिकारियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों की जानकारी भी मिल सकेगी इस योजना के अंतर्गत विदिशा जिले में एनआईसी द्वारा एक वेबसाइट एवं थीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे यह जिला देश की वेबसाइट से जुड़ जायेगा हिमाचल राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया वे आचार्य देवव्रत का स्थान लेंगे जिन्हें गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आचार्य देवव्रत और श्री मिश्र दोनो की ही नियुक्ति उनके कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभाएं आयोजित की जाए जहां निरस्त दावे प्राप्त हुए हैं गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जा रही है

राजगढ़ जिले में भी विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन के दौरान वनाधिकार पट्टों के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण किया जायेगा

कल ही दस अन्य विधायकों की लम्बित याचिका पर भी सुनवाई होनी है जिन्होंने न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी की दलील पर गौर किया कि इन विधायकों को भी लम्बित याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाना चाहिए कांग्रेस के इन पांच बागी विधायकों ने भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किये जाने के खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दी थी गुरू पूर्णिमा गुरू के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने का पर्व गुरू पूर्णिमा कल मध्यप्रदेश में भी परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा इस मौके पर लोग अपने गुरू जनों का अभिनंदन करेंगे और धार्मिक स्थलों पर विविध आयोजन होंगे भोपाल के गुफा मंदिर में इस मौके पर विशेष गुरू पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जबकि रवीन्द्र भवन में शाम को भजन संध्या होगी होशंगाबाद में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर प्रातःकाल से ही स्नान भजन पूजन का सिलसिला शुरू हो जायेगा भक्तजन नर्मदा नदी के विभिन्न घाट पर भी विभिन्न धार्मिक आयोजन करेंगे खंडवा में हर साल की तरह इस साल भी दादाजी धाम पर गुरू पूर्णिमा का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा गुरूपूर्णिमा का यह पर्व चार दिवसीय रहेगा

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भक्तों के लिए खंडवा शहर भी मेजबानी के लिए तैयार है और चार दिनों तक सैकड़ों भंडारों के माध्यम से लोग श्रद्दालुओं की सेवा की व्यवस्था में जुटे हैं इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न शहरों में गुरू पूर्णिमा को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा बैठक राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंघी ने खंडवा जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अल्प संख्यक वर्ग के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस वर्ग के कल्याण के लिये शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाये जागरूकता शिविर शिवपुरी में लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद शिविर आयोजित किये जा रहे है इन शिविरों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी युवाजनों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं

इन दोनो विजय वीर सिद्धू के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से स्वर्ध पदक भी हासिल किया

उन्होंने हर्षदा निथवे के साथ संयुक्त रूप से रजत पदक हासिल किया

तापमान बढ़ने से मौसम में उमस बढ़ गई है मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है मौसम विभाग के अनुसार इंदौर भोपाल जबलपुर रीवा शहडोलग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है